प्रदेश में कोविड टीकाकरण से छूटे हैल्थ केयर वर्कर और फ्रंट लाइन वर्कर के लिए विशेष सत्र आज

प्रदेश में आज मौसम शुष्क रहेगा आगामी दो दिनों में तापमान में बदलाव की संभावना नहीं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

राज्य के परिवहन सचिव और आयुक्त रवि जैन ने बताया कि योजना के पहले चरण में जयपुर जोधपुर अजमेर और अलवर जिलों को शामिल किया गया है

इस योजना से सरकार को दुर्घटनाओं के कारण समझने को मिलेंगे जिससे जल्द उनका समाधान भी किया जा सकेगा योजना तहत संबंधित जिले के हर पुलिस थाने से दो पुलिसकर्मी नियुक्त किये गए है वे अपने पुलिस थाना क्षेत्र में दुर्घटना स्थल पर जाकर कारणों का पता लगाएंगे इसके बाद आईआरएडी मोबाइल एप्लीकेशन पर डेटा अपलोड करेंगे इस डेटा से दुर्घटना की एक आईडी भी जनरेट होगी उस आईडी पर ही परिवहन विभाग स्वास्थ्य और सड़क निर्माण विभाग के कर्मचारी अपनी रिपोर्ट दर्ज करेंगे केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा है कि भारत स्वास्थ्य के क्षेत्र में पूरे विश्व का नेतृत्व कर रहा है और लोगों के बीच बहुमूल्य जागरूकता फैला रहा है कोविंड महामारी से निपटने के लिए सार्थक विचारों के आदान प्रदान और उसे आगे बढ़ाने के बारे में आयोजित एक कार्यक्रम में डॉक्टर हर्षवर्धन ने वैक्सीन मैत्री पहल के माध्यम से पड़ौसी देशों को टीके उपलब्ध कराने में भारत की भूमिका की सराहना की उन्होंने कहा कि तमाम बाधाओं के बावजूद भारत दुनिया के अन्य देशों की तुलना में अपने यहां कोरोना के प्रसार को रोकने में कामयाब रहा है

चिकित्सा और स्वास्थ्य मंत्री डॉ रघ् शर्मा ने बताया कि ये लाभार्थी किसी भी सत्र स्थल पर जाकर टीकाकरण करवा सकते हैं

गौरतलब है कि कोविड टीकाकरण अभियान में राजस्थान देशभर में अव्वल रहा है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

इसी के तहत आकाशवाणी जयपुर के समाचार बुलेटिनों में प्रसारित की जा रही विशेष श्रुखंला जनता का संदेश जनता के नाम के तहत सुनिये हमारे श्रोता का संदेश

भाजपा के प्रदेश महामंत्री भजनलाल शर्मा ने बताया कि मोर्चों की टीम के गठन के बाद पहली संयुक्त योजना बैठक आयोजित होगी जिसे प्रदेशाध्यक्ष डॉ सतीश पूनियां और प्रदेश संगठन महामंत्री चन्द्रशेखर सम्बोधित करेंगे श्री शर्मा ने बताया कि बैठक में राज्य सरकार के खिलाफ आंदोलन की रणनीति बनाई जायेगी संगठन के कार्य विस्तार कार्यक्रम और संगठन की रीति नीति पर भी चर्चा होगी

यह उत्सव पहली बार वर्चुअल रूप से आयोजित हो रहा है इसमें देश विदेश की साहित्य जगत और अन्य क्षेत्रों की जानी मानी हस्तियां शामिल होंगी

फेस्टिवल के एक यादगार सत्र में मशहूर कालबेलिया नृत्यांगना गुलाबो सपेरा भी नृत्य और रचनात्मकता पर बात करेंगी

हमारे संवाददाता ने बताया कि इससे पहले कल शाम शहर को आकर्षक रोशनी से सजाया गया दीपकों की रोशनी से शहर को प्रकाशमान किया गया राज्यपाल कलराज मिश्र ने छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती पर उन्हें नमन किया है श्री मिश्र ने लोक देवता देवनारायण जी की जयंती के अवसर पर आज देश और प्रदेशवासियों को बघाई और शुभकामनाएं भी दी हैं राज्य में आगामी दो दिनों में तापमान में कोई विशेष परिवर्तन की संभावना नहीं है मौसम विभाग ने कहा है कि इसके बाद तापमान में दो से तीन डिग्री की बढ़ोतरी हो सकती है विभाग ने आज मौसम शुष्क रहने की संभावना जताई है